मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस सेवा का शिमला से शुभारंभ करेंगे इसके शुरू होने से लोगों को गाड़ी संबंधी किसी भी तरह के काम के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा और ड्राईविंग लाईसैंस से लेकर बस परमिट भी ऑनलाईन ही मिल जाएंगे इससे पहले ये व्यवस्था शिमला व कांगड़ा जिलों में ही चलाई जा रही थी

केन्द्र सरकार केन्द्र ने निजी क्षेत्र के बैंकों में सरकारी लेन देन का काम करने पर लगी पाबंदी हटा ली है इनमें कर और अन्य राजस्व भुगतान सुविधाएं पेंशन भुगतान और लघ् बचत योजनाएं शामिल हैं इससे पहले कुछ ही निजी बैंकों को इस तरह के लेन देन करने की इजाज़त थी सरकार के इस कदम से निजी बैंकों के ग्राहकों को सुविधा होगी बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहक सेवाओं के स्तर तथा दक्षता में वृद्धि होगी प्रतिबंध हटने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी कामकाज के लिए प्राधिकृत कर सकता है बैठक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर निपुण जिन्दल की अध्यक्षता में कल शिमला में कोविड वैक्सिनेशन ड्राईव की समीक्षा बैठक हुई उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के पहले चरण का आज अन्तिम दिन हैं उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ऐसे सभी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं जो कोविन पोर्टल में पंजीकृत हैं लेकिन अब तक टीकाकरण की पहली खुराक नहीं ले पाए हैं डॉ जिन्दल ने बताया कि कोविड वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त करने के लिए सभी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के लिए यह अन्तिम अवसर होगा

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है पीएम किसान योजना में बेहतर प्रदर्शन के लिये हिमाचल को चार पुरस्कार दैनिक भास्कर का शीर्षक है पीएम किसान योजना के तहत हिमाचल को चार पुरस्कर इनमें एक राज्यस्तरीय व तीन जिला स्तरीय आपका फैसला के शब्द हैं केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने महेंद्र सिंह ठाकुर को प्रदान किये इनाम दो पूर्व मंत्रियों और विधायक समेत चार के खिलाफ विजिलेंस जांच की तैयारी शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है कौल बाली राणा ख्वाजा पर भाजपा की चार्जशीट में लगे आरोपों की जांच के लिये विजिलेंस ने मांगी मंजूरी दिव्य हिमाचल की खबर है डिपुओं में महंगा हुआ राशन पेट्रोल डीजल गैस के बाद अब आम आदमी के खाने पर महंगाई की मार

दैनिक भास्कर की एक खबर है हिमाचल में ही क्यों वसूला जा रहा एजीटी इंडस्ट्री ने आवाज बुलंद की प्राइमरी स्कूलों को गोद लेंगे बीडीओ शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है गांव के स्कूलों को शहरों की तर्ज पर मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से आपका फैसला ने लिखा है आईआईटी मंडी प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान